प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारी सभ्यता संस्कृति तथा भाषायें सारी द्रनिया में एकता का संदेश देती है

जिन कैडिटों ने अपने एनसीसी कैंप के दौरान प्राप्त किये गये अनुभवों को सांझा किया

आयोध्या म्ददे पर आये सर्वोच्च अदालत के फैसले सम्बधित श्री मोदी ने कहा कि सारे देश ने इस फैसले का स्वागत किया है तथा इससे शांति व सदभावना कायम रहेगी

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाकर हम सभी को सारी दुनिया के सामने मिसाल कायम करनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजो ने क्दरती वातावरण पानी जंगल दरिया ज़मीन संभालने पर बहत ज्यादा जोर दिया था तो हमे भी इस तरफ ध्यान देकर आने वाली पीढ़ीयों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए

ये स्झाव भी दिया गया है कि जिस स्थान पर प्रस्तावना पढ़ी जायेगी वहां एक संविधान दिवस का बैनर भी लगाया जाये इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में ये क्षमता है कि भारत जैसे बडे देश के विविध तत्वों को एकज्ट कर सकें

कुरूक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शिल्प और सरस मेले का श्भारम्भ करते हये मुख्यसचिव ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से चौथी बार गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रुप में मनाया जा रहा है इस महोत्सव का प्रचार प्रसार विश्वस्तर पर किया गया है और विदेशी सैलानी भी इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए पहंचेंगे उन्होंने कहा कि इस शिल्प मेले में विभिन्न राज्यों से शिल्पकार अपने अपने प्रदेश की बेहद ख्बसूरत शिल्पकला के साथ पहंचे है

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अन्य देशों से हये व्यापारिक समझौतों से देश के निर्यात कारियों को कोई खास मदद नहीं मिल रही है कल चन्नेई में उदयोगपतियों को सम्बोधित करते हये श्रीमती सीतारमन ने कहा कि क्षेत्रीय आर्थिक सांझेदारी यानि आर सी ई पी से भी देश की उम्मीदे पूरी नहीं हो रही है इसलिए इस ग्र्प में शामिल होने का भी भारत को कोई फायदा नहीं होगा

हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी खेल प्रांगणों में दिये जा रहे प्रशिक्षण की चैकिंग की जायेगी क्रूक्षेत्र में बोलते हये स्वय हाकी के खिलाड़ी रहे संदीप सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि ये चैकिंग ग्प्त तरीके से की जायेगी और अगर कोई भी प्रशिक्षक गैर हाज़र पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश का खेलो के क्षेत्र में पहला स्थान है और इस उपलब्धि को बरकरार रखा जायेगा उन्होंने आज दो प्रशिक्षकों को चैकिंग के दौरान लापरवाही बरतने के कारण उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये

पहली बात फिल्म समारोह में प्रतिभागी बने हरियाणा को लेकर फिल्मी जगत के लोग काफी दिलचस्पी ले रहे है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एनएफडीसी की ओर से पांच दिवसीय फिल्म बाज़ार का आयोजन किया जाता है बड़े फिल्म निर्माताओं के साथ मंझले व छोटे फिल्म निर्माता भी बाजार में खासतौर पर स्थापित किए गए हरियाणा के फिल्म पॉलिसी कार्यालय में मौजूदा फिल्म पॉलिसी तथा फिल्म शूटिंग को लेकर सरकार की ओर से किए गए स्विधाकरण की जानकारी ले रहे हैं भारत के म्ख्य च्नाव आय्क्त श्री स्नील अरोड़ा ने हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के चूनाव अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिए कि वोट बनवाने और च्नावों के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप रणनीतियां बनाएं ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक भागीदारी स्निश्चित की जा सके श्री अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीएलओ की कार्यप्रणाली की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और उसका मुल्यांकन किया जाए ताकि वोट बनवाने की प्रक्रिया से संबंधित उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझ कर उनका समाधान निकाला जा सके